राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंडी शुल्क तथा कृषक कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए राजनैतिक दलों की सरगर्मियां हुई तेज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

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग में तेजी आएगी

नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हए उन्होंने देश में मांग को बढाने के क्छ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया उन्होंने बताया कि नये प्रस्तार्वो के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा

श्री ठाकुर बताया कि इस योजना के लाभार्थी को एलटीसी भुगतान की राशि और यात्रा किराये की तीन गुणा राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसंटी इनवॉयस देना होगा

ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जाएगी

वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य छोटे शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थायी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना है

सरकार ने राजकीय आईटीआई की गेस्ट फैकल्टीज को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

इसके लिए जल्द ही प्रदेश में सोशल ऑडिट के लिए गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा

श्री गहलोत ने कहा कि आरटीआई से पूरे देश की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई श्री गहलोत ने बताया कि राजस्थान के जन सूचना पोर्टल की तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सूचना पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं

प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इसके तहत केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को जयपुर का केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जोधपुर का जबकि राजेन्द्र राठौड़ को कोटा का समन्वयक बनाया गया है इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने नगर निगम चुनावों को लेकर बैठक की इस दौरान जिताउ उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई